चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है चुनाव सात चरणों में कराये जायेंगे चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव की तिथियों की औपचारिक घोषणा की

आन्ध्रप्रदेश ओडिशा अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराये जायेंगे उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में चुनाव कराये जायेंगे श्री अरोड़ा ने बताया है कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियॉ पूरी कर ली गई हैं

श्री अरोड़ा ने बताया कि चुनाव के दौरान राज्य के पुलिस बलों के अलावा केन्द्रीय बलों की व्यापक तैनाती भी की जायेगी कुछ राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंग संवेदनशील मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार चुनाव में सभी पोलिंग बूथों पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा और ईवीएम मशीनों पर प्रत्याशी की तस्वीर भी होगी श्री अरोड़ा ने उम्मीदवारा से ईको फ्रेंडली प्रचार सामाग्री के इस्तेमाल करने पर बल देते हुये कहा कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार के लिये लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा उन्होंने बताया कि मतदाता और आम नागरिक एनड्रॉयड एप पर चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे

श्री अरोड़ा ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी आदर्श आचार संहिता लागू होगी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया पर किये गये प्रचार के खर्च को भी उनके कुल खर्च में जोड़ा जायेगा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश के शत्रुतापूर्ण रवैए को देखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है प्रधानमंत्री ने आज गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम में सीआईएसएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में यह बात कही उन्होंने लोगों और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सीआईएसएफ के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देश के विकास को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उन्होंने सीआईएसएफ में शामिल होने वाली लड़कियों के अभिभावकों को भी बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ के जवानों ने संकट की घड़ी में विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं पांचवीं बटालियन कैंप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस तथा अग्निशमन पदक प्रदान किए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

देशभर में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है

प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत आज से हो गई है जो लगातार सात दिनों तक चलेगा कौशाम्बी ज़िले में अभियान की शुरूआत करते हुये ज़िलाधिकारी ने बताया कि इसके लिये पांच सौ इक्यान्नबे टीमों को लगाया गया है टीकाकरण अभियान के तहत दो लाख अठहत्तर हजार पांच सौ उन्तालीस बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है जौनपुर में जिला चिकित्सालय पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की इस दौरान उन्होंने बताया कि ज़िले में छह लाख इक्हत्तर हजार तीन सौ सत्ताइस बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिये जनपद में कुल एक हजार नौ सौ तीन बूथों की स्थापना की गई है

इन पदों में से अनारक्षित श्रेणी की एक हजार दो तथा अनुसूचित जाति के तीन सौ बासठ पदों का विज्ञापन निकाला गया जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया गया इसके मद्देनज़र शासन ने भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करते हुये इस प्रकरण की जांच कराये जाने का निर्णय लिया है अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने प्रदेश के चकबंदी आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखकर जांच की मांग की है लखनऊ में मेट्रो के अगले चरण की श्रूआत इस साल के अंत तक हो जायेगी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत में बताया कि इस चरण में चारबाग रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद चौक होते हुये मेट्रो रूट का निर्माण कार्य होगा

एक कुछ और समय सीमा अन्दाजन या कुछ आप के दिमाग में क्लीयर है कि ये कब तक काम दूसरे चरण का शुरू हो सकता है

प्रदेश सरकार ने बलिया जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ उमापति द्विवेदी को अमर्यादित आचरण तथा वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अभद्र टिप्पणी के आरोप में निलंबित कर दिया है प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशान्त द्विवेदी ने यह जानकारी देते हये बताया कि डॉ उमापति द्विवेदी पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिये उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया गया है सरकार ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी और बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ प्रीतम कुमार मिश्र को बलिया का मख्य चिकित्साधिकारी बनाया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की बार्ड परीक्षा में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठीक से नहीं करने और पर्यवेक्षण के कार्य में शिथिलता बरतने के कारण मऊ गाजीपुर मुज्जफरनगर बाराबंकी और फर्रखाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को स्थानान्तरित कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक प्रदूषण के कारण सिलिकॉसिस से पीडित हुए लोगों के लिए मुआवजा राशि निर्धारित करने के मुद्दे पर सभी राज्यों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है